भोपाल में सेना ने लगाई आम लोगों के लिये आयुध उपकरणों की प्रदर्शनी

भीड़ की हिंसा केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे भीड़ द्वारा पीट पीटकर की जाने वाली हत्याओं के बारे में आम लोगों को जागरूक करें और उन्हें बतायें कि ऐसे किसी भी कृत्य के लिये जिम्मेदार लोगों को गंभीर परिणाम भूगतने पड़ सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिये कठोर कदम उठाने के लिये भी कहा है केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकारों से प्रत्येक जिले में एसपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स बनाने को भी कहा है जो इन गतिविधियों के साथ साथ सोशल मीडिया के उपर भी निगरानी रखेगी पराकम पर्व पराकम पर्व और सर्जिकल स्ट्राइक दिवस की दूसरी वर्षगांठ पर कल भोपाल में भारतीय सेना और एनसीसी द्वारा विभिन्न कार्यकम आयोजित किये जायेंगे एनसीसी ग्रूप हेडक्वार्टर में कमाण्डर द्वारा पराकम पर्व परेड की सलामी ली जायेगी यहां सेना को जाने दौड़ का भी आयोजन होगा दोपहर बाद एयरपोर्ट के पास द्रोणाचल में सैन्य आयुध और उपकरण प्रदर्शनी लगाई जा रही है यहां आर्मी बैण्ड की प्रस्तुति होगी सैन्य आयुध उपकरण प्रदर्शनी आम जनता के लिये तीस सितम्बर तक खुली रहेगी

उन्हें पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदस्यता ग्रहण कराई पुष्पराज सिंह कांग्रेस के टिकट पर लगातार तीन विधानसभा चुनाव जीतकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं उन्होंने बीच में कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था श्री सिंह के पुत्र दिव्यराज सिंह वर्तमान में सिरमोर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं

इसमें तीन लाख नब्बे हजार के करीब कर्मचारियों और शिक्षकों की व्यक्तिगत जानकारी मौजूद रहेगी इस प्लेटफार्म में सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाएं अधोसंरचना नामांकन उपलब्ध वित्तीय प्रावधान स्थापना संबंधी जानकारी विद्यार्थी कल्याण योजना से संबंधी जानकारी और विभाग द्वारा जारी किये गये प्रपत्र शामिल हैं जन आशीर्वाद यात्रा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव आने पर उन्हें मध्यप्रदेश याद आया है रायसेन जिले की बरेली में आज जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसल की पूरी कीमत मिलेगी और हर जरूरतमंद के पास दो हजार बाईस तक घर होगा उन्होंने बरेली को अपग्रेड करते हुए नगरपालिका परिषद बनाये जाने की घोषणा की जनआशीर्वाद यात्रा पिपरिया इटारसी और होशंगाबाद में हो रही है

इस योजना के जरिए न केवल किसानों की फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है बल्कि किसानों की आमदानी भी बढ़ रही है इस योजना के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन कर अच्छी फसल का उत्पादन कम लागत में कैसे किया जाये इसकी जानकारी किसानों को दी जाती है शिवपुरी जिले में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से किसानों के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाये जा रहे हैं जिले में ही भिट्टी प्रयोगशाला है यहां पर हर साल लगभग पांच सौ से ज्यादा किसानों के कार्ड बनाये जाते हैं

आज विधानसभा के मानसरोवर सभागृह में आयोजित मध्यप्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने कहा कि भोज ओपन विश्वविद्यालय एक ऐसा माध्यम है जिसमें कभी भी पढ़ाई की जा सकती है महिलाओं को भी पढ़ाई करने के लिये आगे आना चाहिये क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के माध्यम से छात्रों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम होना चाहिये राज्यपाल ने विद्यार्थियों को तीन संकल्प दिलाये इनमें भोजन और पानी बर्बाद न करना और पार्क मैदान सड़क व रास्ते में कचरा न फैलाया जाये इस मौके पर राज्यपाल ने पीएचडी एमएड एमएससी और एमबीए की डिग्री वितरित की

उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा में आम उपभोक्ता का भी सहयोग मिला वहीं इंदौर में सभी व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे दवा बाजार में बंद का व्यापक असर देखा गया ग्वालियर शिवपुरी जबलपुर समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी ऐसी ही खबरें मिली है आगरमालवा में मरीजों को दवाइयों के लिये परेशान होना पड़ा जबकि सीएमएचओ ने बताया कि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराई गई महागठबंधन पूर्व केन्द्रीय मंत्री और लोकतांत्रिक जनता दल के संरक्षक शरद यादव ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वर्तमान सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनेगा और यह गठबंधन प्रधानमंत्री पद के लिये बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरेगा रतलाम में आज संवाददाताओं से चर्चा करते हुए श्री यादव ने केन्द्र सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि देश के हालात विकट हैं

उन्होंने सरकार पर इतिहास के साथ छेड़खानी का आरोप भी लगाया